प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कोटद्वार भाबर के बेरोजगार युवा सशक्त हो रहे हैं प्रशिक्षण के बाद कई युवाओं ने किया अपना रोजगार शुरू स्लग अरुण जेटली वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ढाई ढाई रुपये की कटौती करने की घोषणा की है

इसके साथ ही प्रति लीटर एक रुपये की कटौती तेल कंपनियां वहन करेंगी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दी ही अधिसूचना जारी की जाएगी वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी पेट्रोल कीमत कम करने के लिए अपनी तरफ से कटौती कर सकती है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यटन राज्य की आर्थिकी का महत्वपूर्ण साधन है और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश से पर्यटन क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा इससे पर्यटकों को सुविधा होने के साथ ही स्थानीय लोगों तथा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे उन्होंने निवेशकों का स्वागत करते हुए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देश दुनिया के सामने लाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है इसके लिये विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है और निवेश के अनुकूल पर्यटन नीति बनायी गयी है

देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किया गया वसुधैव क्ट्म्बकम की थीम पर शुरू हुआ ये सम्मेलन तीन दिनों तक चलेगा सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन में शामिल हुए आज के कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञों ने जैव विविधता को बचाने के मुद्दे पर चर्चा की सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने कहा कि सिक्किम एक जैविक राज्य है और हम सभी को साथ मिलकर पूरे देश को जैविक बनाना है वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने सम्मेलन में कहा कि जैव विविधता के लिहाज से उत्तराखंड बेहद समृद्ध है उन्होंने कहा कि जैव विविधता में किसी तरह का बदलाव आता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा वन अनुसंधान संस्थान में चल रहे इस सम्मेलन में बीस देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं इसके साथ ही देशभर से पर्यावरण विशेषज्ञ यहां जुटे हैं सम्मेलन में उत्तराखण्ड और सिक्किम वन अनुसंधान संस्थान समेत कई संस्थाओं ने जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं स्लग न्यनतम समर्थन मल्य केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्य समिति ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है इन फसलों का विपणन अगले वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से बहत अधिक है

वहीं केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम को रेलवे स्टेशनों के पूनर्विकास को भी मंजूरी दे दी है इस निर्णय से रेलवे स्टेशनों के बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और वहां विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी स्लग ऑलवेदर रोड समीक्षा रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने ऑलवेदर रोड की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व उप निरीक्षक को जल्द भूमि और मकान का मुआवजा बांटने के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने मकान का मुआवजा ले लिया है उन्हें पांच दिनों का समय देकर मकान खाली करने के नोटिस दिये जाए उन्होंने पांच दिन के अन्दर मकान खाली न करने पर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से डोजर लगाकर काम शुरू करने के भी निर्देश दिये हैं वहीं जिलाधिकारी ने सभी ठेकेदारों को अपने मजदूरों के लिए शौचालय का निर्माण कराने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने मलबा के निस्तारण भूमि हस्तांतरण आदि से संबंधित निर्देश भी अधिकारियों को दिये स्लग गंगा अभियान माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले देश के आठ पर्वतारोही अब गंगा सफाई अभियान में उतरेंगे दल के सदस्यों ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने अभियान दल से गंगा सफाई को लेकर बातचीत की उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान जिन शहरों से गुजरें वहां के स्कूली बच्चों को गंगा सफाई के लिए जागरुक करें

इस अभियान के सदस्य गंगा की लहरों पर राफ्टिंग के जरिए पंद्रह सौ किलोमीटर की दूरी तय करेंगे टीम के सभी सदस्य हर मंजिल पर दो से तीन दिनों के लिए रुकेंगे जहां जन भागीदारी से स्वच्छता और जागरुकता अभियान चलाया जाएगा सुश्री बछेंद्री पाल ने बताया कि इन दौरान गंगा से जो भी कचरा इकट्ठा किया जाएगा उसे स्थानीय निकाय की मदद से निस्तारित किया जाएगा अभियान दल स्कूल और दूसरे संस्थानों में भी जाएगा और वहां गंगा में प्रद्षण जलवाय परिवर्तन कचरा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरुक करेगा देश की पहली महिला पर्वतारोही ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमामि गंगे अभियान से बेहद प्रभावित हैं केंद्रीय जल संस्थान राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी अभियान दल का उत्साह बढ़ाने के लिए कल हरिद्वार में मौजूद रहेंगे

इसके अलावा पांच आईआईटी ग्रेजुएट और एक रेडियो जॉकी भी हैं स्लग कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें उनके क्षेत्र में ही रोजगार दिया जाए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कोटद्वार भाबर के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के केंद्रों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण लिया और अपना अपना रोजगार शुरु किया

पढ़ाई के बाद रोजगार की तलाश कर रहे रामकुमार ने भी कोटद्वार में कौशल विकास केंद्र से इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण हासिल किया अब वो एलईडी बल्ब मोटर पंखे समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक करने में माहिर हो गये हैं

कोटद्वार के ही रहने वाले अमित बलोधी को अब रोजगार के लिए पलायन करने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से कम्प्यूटर हार्डवेयर में प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली है जहां वे खराब कम्प्यूटर को रिपेयर करते हैं प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना से आज क्षेत्र के कई युवा बेरोजगारी के दंश से ऊपर उठकर अपना स्वरोजगार तो चला ही रहे हैं अपने साथ कई अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं इससे पलायन को रोकने में भी मदद मिल रही है